आयकर विभाग को सत्तर देशों से कालेधन का सुराग मिला

आयकर विभाग को सत्तर देशों से कालेधन का सुराग मिला है इन देशों में लेन देन से जूड़ी तीस हजार से अधिक जानकारियां विभाग को मिली हैं जिनमें कई संदिग्ध बतायी जा रही हैं इस मामले में विभाग ने चार सौ लोगों को नोटिस जारी किया है विभागीय सूत्रों ने बताया कि वित्तीय सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान के करार के तहत अलग अलग देशों ने ये जानकारियां साझा की हैं प्रदेश के किसानों को अब पटवन के लिए पचहत्तर पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी

पहले किसानों को पटवन के लिए आठ रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लघु जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया श्री कुमार ने कहा कि नयी दर से निजी या सरकारी नलकूप के संचालन में सुविधा होगी मुख्यमंत्री ने राजकीय नलक्प और आहर पाईन को पंचायतों के जिम्मे करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि अयोध्या में हर हाल में राम मंदिर का निर्माण करवाया जायेगा श्री भागवत ने सोनपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि मंदिर निर्माण के मुददे पर संघ संत समाज के साथ खड़ा है उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए आरएसएस समाज को संगठित और जागृत करेगा संघ प्रमुख ने कहा कि इस मुद्दे पर अध्यादेश लाना है या नहीं यह सरकार तय करेगी पटना महानगर क्षेत्र में कृषि भूमि का प्रावधान खत्म कर दिया गया है अब आवासीय या व्यावसायिक श्रेणी में ही जमीन की रजिस्ट्री होगी पटना जिला प्रशासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि इस संबंध में पटना सिटी दानापुर बिक्रम मसौढ़ी और फुलवारीशरीफ के अवर निबंधकों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं बक्सर में प्रस्तावित थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास अगले साल जनवरी में होगा

उन्होंने बताया कि इस प्लांट की स्थापना प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के लिए घोषित विशेष पैकेज के तहत की जायेगी उन्होंने बताया कि संयंत्र पर लगभग दस हजार करोड़ रूपये की लागत आयेगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश भर में चार सौ संतानवे पूलों का निर्माण किया जायेगा इन पुलों पर लगभग पन्द्रह सौ करोड़ रूपये खर्च होंगे ग्रामीण कार्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसके लिए केन्द्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है सफर के दौरान अब ड्राइविंग लाईसेंस और गाड़ी के अन्य कागजात साथ लेकर चलना जरूरी नहीं होगा केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों को पत्र लिखकर मोबाईल पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और ड्राइविंग लाईसेंस को मान्यता देने को कहा है डिजीटल लॉकर को बढ़ावा देने की पहल के तहत यह व्यवस्था की जा रही है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई मधु और झोला छाप डॉक्टर अश्विनी से लगातार पूछताछ कर रही है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों ने मामले के कई राज खोले हैं प्रछताछ के दौरान समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों समेत कई सफेदपोशों के नाम सामने आये हैं सीबीआई इन सभी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकती है इधर जांच एजेंसी पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और मध्र से आमने सामने पूछताछ की भी तैयार कर रही है वहीं दूसरी तरफ टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल सांइसेज की जांच रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित दायर कर प्रदेश के उन सभी आश्रय गृहों की जांच कराने की मांग की गयी है जहां बच्चियों से यौन शोषण और उत्पीड़न के मामले प्रकाश में आये थे पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के मुन्नाचक इलाका से पुलिस ने एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के स्मैक के साथ आठ लोगों को गिरफ्तार किया है बरामद स्मैक का वजन एक किलो एक सौ ग्राम है छापेमारी के दौरान आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों की आज तीसरे दिन भी हड़ताल जारी है इस कारण ओपीडी और इमरजेंसी सहित अन्य सभी सेवाएं ठप पड़ गयी हैं चिकित्सकों ने कल तक ओपीडी सेवाओं को बंद रखने का फैसला किया है हड़ताल के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इधर आईएमए और बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ ने भोजपुर जिलाधिकारी के अंगरक्षकों द्वारा चिकित्सकों की पिटाई किये जाने के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हस्तक्षेप की मांग की है वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आम लोगों के हित में चिकित्सकों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की है उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की मांग पर विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज प्रदेश में गंगा गंडक के संगम समेत विभिन्न नदियों और सरोवरों में श्रद्वालू आस्था की डुबकी लगा रहे हैं स्नान के बाद लोग घाटों पर प्रजा अर्चना और दान पुण्य कर रहे हैं पटना में गंगा नदी के घाटों पर सुबह से ही श्रद्वालुओं की उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुये प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और एसडीआरएफ के जवान के अलावा प्रशिक्षित गोताखोरों को सभी घाटों पर तैनात किया गया है वहीं हाजीपुर से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि हरिहर क्षेत्र में गंगा गंडक नदी के संगम पर श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है लोग पूर्णिमा स्नान कर बाबा हरिहरनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं वहीं ऋषि विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध बक्सर जिले में रामरेखा घाट और बेगूसराय जिले में सिमरिया घाट पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि विभिन्न घाटों पर मेले जैसा नजारा देखा देखा जा रहा है आज गुरू नानक जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है गुरू नानक देव के पांच सौ उनचासवें प्रकाशोत्सव पर पटना साहिब के तख्त श्री हरि मंदिर साहिब में विशेष अरदास और अखंड कीर्तन चल रहा है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्तिक पूर्णिमा और गुरूनानक जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मधुबनी जिले के सौराठ में अगले वर्ष जनवरी में मिथिला चित्रकला संस्थान का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा श्री कुमार ने पटना में चेतना समिति द्वारा आयोजित विद्यापति स्मृति पर्व समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिहार भवन बिहार निवास और निर्माणाधीन बिहार सदन को भी मधुबनी पेंटिंग से सजाया जाएगा रेरा द्वारा बिना पंजीकरण के फ्लैट और बंगला बेचने वाले पटना के एक बिल्डर पर दस लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है साथ ही बिल्डर को भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की भी चेतावनी दी गयी है राज्य सरकार ने बिहार पुलिस के एक सौ सोलह कर्मियों का मद्यनिषेध इकाई में स्थानांतरण कर दिया है सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड के चौबीस शिक्षकों का नियोजन रद्द कर दिया गया है

मुंगेर से पुलिस ने दिल्ली पुलिस से छीने गये एक पिस्टल आठ कारतूस और मोबाईल फोन के साथ तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने गया से कुख्यात नक्सली युवराज और हाजीपुर से मुनीलाल राम को गिरफ्तार कर लिया है पूर्व मध्य रेलवे के बाढ़ और मोकामा के बीच शहरी हॉल्ट के पास अपराधियों ने दानापुर मोकामा पैसेंजन ट्रेन को रोक कर लूटपाट की और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है मुजफ्फरपुर में बावन लाख की लूट दैनिक जागरण की खबर है दो दिन और बंद रहेंगे ओपीडी दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है अब नलकूप के लिए सब्सिडी सीधे लोगों के खाते में जायेगी प्रभात खबर की सुर्खी है पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एक दिन की रिमांड पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है अनाज की सौ फीसदी जूट पैकेजिंग अनिवार्य

और अब अंत में मुख्य समाचार आयकर विभाग को सत्तर देशों से कालेधन का सुराग मिला